जयराम मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर मण्डी के नागचला में हवाई अड्डे के रेडार सर्वेक्षण में तेजी लाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि प्रस्तावित हवाई अड्डा हिमाचल के पर्यटन को प्रोत्साहन देने के अलावा ज़रूरत के समय एयर फोर्स के लिए बेस के रूप में सेवाएं प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा मुख्यमंत्री ने शिमला और गम्गल हवाई अड्डों के रन वे के विस्तार के साथ शिमला हवाई अड्डे पर वायु परिवहन सेवा को दोबारा शुरू करने का अनुरोध भी किया केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए वरदान साबित होगी कांगड़ा जिला के फतेहपुर उपमण्डल के खटियाड़ में आयोजित मछ्आरा लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कुल्लू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला विकास व अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी केन्द्रीय योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना ज़रूरी है ताकि पात्र लोगों को समयबद्व लाभ मिल सके

भाजपा बैठक भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र की एक बैठक आज वर्च्यअल माध्यम से आयोजित की गई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सहप्रभारी संजय टंडन सहित शिमला संसदीय क्षेत्र के पालक व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी मौजूद रहे बैठक में सभी जिलों का ब्यौरा लिया गया

बैठक को प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्यों ने भी संबोधित किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी के ज़िलाध्यक्षों से ज़िला परिषद व नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे लाने का आहवान किया है